इन ग्राम पंचायतों में नंदपुर मंझोली भोगपुर भटोलीकलां और बरोटीवाला शामिल है ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं

इस बीच जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने उपमंडल में विभिन्न वस्तओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और चालकों की सुविधा के लिए टायर पंक्चर की कुछ द्काने अगले आदेशों तक प्रतिदिन हर समय खूली रखने के आदेश दिए हैं सोलन कंडाघाट और अर्की उपमंडल में टायर पंक्वर की दुकाने खोलने के संबंध में पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं

उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आए संकट की घड़ी में भाजपा सभी क्षेत्रों में सेवा कार्यों में जूटी है स्थापना दिवस के अवसर पर आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने अभाव ग्रस्त लोगों को भोजन और राशन वितरित किया उन्होंने कहा कि पार्टी का युवा मोर्चा मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री राहत कोष में धन देने के लिए जनता को प्रेरित कर रहा है मुख्यमंत्री इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर आज शिमला में अपने सरकारी आवास ओक ओवर में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के छाया चित्रों पर प्रष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी वहीं पार्टी महामंत्री त्रिलोक जमवाल और संगठन मंत्री पवन राणा ने पार्टी कार्यालय दीपकमल में ध्वजारोहण किया इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा ने पूरे प्रदेश में सदस्यों द्वारा बनाए हुए मास्क वितरित किए पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घर पर पार्टी का ध्वज फहराया और पार्टी संस्थापक नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की

बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी सहित अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे कुलदीप राठौर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी के आपदा प्रबंधन सेल और जिला अध्यक्षों से कोरोना महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करने का आहवान किया है

राकेश पठानिया ने कहा कि वे निकट भविष्य में इस तरह की दो मशीनें टांडा मेडिकल कॉलेज और एक मशीन चंबा अस्पताल के लिए भी भेंट करेंगे

उन्होंने लोगों से इन टीमों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके महावीर जयंती आज महावीर जयंती है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने प्रदेशवासियों को भगवान महावीर की जयंती पर बधाई दी है अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि भगवान महावीर द्वारा दी गई अहिंसा सत्य और त्याग की शिक्षा आज भी प्रांसगिक है उन्होंने कहा कि हमे समाज में शांति प्रेम और सदभाव बनाए रखने के लिए इनका पालन करना चाहिए निशुल्क ईलाज प्रदेश में कोरोना प्रभावितों का ईलाज हिमकेयर और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क किया जाएगा

इस दौरान लोगों को कोरोना वायरस के लक्षणों और सावधानियों की जानकारी भी दी जा रही है उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस के बारे में सही जानकारी प्रदान करने का आग्रह किया